केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज छह वर्ष पूरे हो गए हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से एक बडा बदलाव आया है और यह पहल गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है इस योजना से करोडो लोगों को लाभ पहुंचा है श्री मोदी ने टवीट कर कहा है कि यह योजना छह साल पहले उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाता नहीं था प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वाले लोगों में अधिकतर ग्रामीण और महिलाएं हैं श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की

उन्होंने कहा कि इस योजना से जहां एक ओर विभिनन सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को पूर्ण रूप से मिला है तथा बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है वहीं दूसरी ओर इससे भ्रष्टाचार पर काफी अंकुश लगा है उन्होंने कहा कि यह गरीबी उन्मूलन और लोगों के सर्वांगीण विकास के लिये एक आधार स्तम्भ साबित हुआ है

इस प्रकार की यह योजना गरीबों को लाभ देने के लिये पहुंचाई गई निश्वित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी आम गरीबों तक भारत सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल रहे है आज हर गरीब का अपना खाता है जीरो बैंलेस पर यह खाता खोलने की व्यवस्था थी

मैं माननीय पधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि देश के ऐसे करोड़ों गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना का बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ मिल रहा है महिलाएं सबसे ज्यादा लाभान्वित हुई है और इस योजना से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है

महिलाओं के और खास कर हमारे देश के गरीब और गांव में रहने वाली माताओं बहनों के विकास के लिये मील का पत्थर है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल झांसी में देश के तीसरे केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का वर्च्रअल लोकार्पण करेंगे

यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति अरविन्द कुमार ने दी

उन्होंने कहा कि कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी गतिविधिया प्रारम्म होनी चाहिये

उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन पूर्वान्ह नौ से दस बजे तक कोविड संबंधी कार्य करे और दस से ग्यारह बजे कार्यालयों का निरीक्षण तथा ग्यारह से एक बजे तक अपने कार्यालय में जनता से भेंट कर उनकी समस्याओं का समाधान कराये उन्होंने निर्देश दिया कि इसी तरह की व्यवस्था तहसील और विकासखण्ड स्तर पर लागू की जाये उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इसी प्रकार की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नीट और जेईई परीक्षाओं का समर्थन करती है परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक कोरोना प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये